प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा विकास को आगे बढ़ाने और देश की एकता को मजबूत करने के लिए किए गये कई फैसले

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि प्रधानमंत्री के पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कानपूर के पीएसआईटी शिक्षण संस्थान में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी वि ाय पर आयोजित अतरा ट्रीय समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए रा ट्रपति ने कहा कि अर्थव्यवस्था ज्ञान के नये आयाम प्रदान करती है उन्होंने कहा कि ज्ञान की ताकत से समाज में हाशिये में जीवन जी रहे लोगों की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है

रा ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल कानपुर में तीन अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया

श्री कोविंद स्वयं कानपुर के डीएवी कॉलेज के छात्र रहे हैं जो कि इसी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है

उन्होंने कहा कि पूर्व छात्रों को आगे आकर वर्तमान विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना चाहिए आर्थिक संसाधनों के अतिरिक्त पूर्व विद्यार्थी अपना कुछ समय देकर वर्तमान विद्यार्थियों का मार्ग दर्शन भी कर सकते हैं उन्हें ज्ञान विज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों से अवगत भी करा सकते हैं और शिक्षण काल में नए तौर तरीकों व नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग में सहायता कर सकते हैं यह हम सबका कर्तव्य भी है और दायित्व भी सही मायनों में शिक्षा का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब विकास सर्वा गीण हो और सभी वगों का हो रा ट्रपति ने कहा कि उच्चतर शिक्षण संस्थानों को नवाचार और अनुसंधान का केन्द्र बनाया जाना चाहिये उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश को नालेज सुपर पावर बनाना है यह लक्ष्य तभी प्रा हो सकता है जब शिक्षा संस्थानों को जिज्ञासा प्रयोग और कौशल का केन्द्र बनाया जाए रा ट्रपति ने कहा कि शिक्षा का उददेश्य सही मायने में तभी सार्थक होगा जब इसका लाभ देश के समग्र विकास और समाज के सभी वर्गो के लोगों को मिलेगा इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय में नये बने अटल बिहारी वाजपेई विधि संस्थान का भी उद्घाटन किया

एक अन्य कार्यक्रम में कानपूर नगर निगम की ओर से रा ट्रपति रामनाथ कोविंद को सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने पिछले छह महीनों के दौरान विकास सामाजिक सशक्तिकरण और भारत की एकता को मजबूत करने के लिए कई फैसले किये हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार भविष्य में इससे भी ज्यादा काम करने के लिए उत्सुक है जिससे समृद्ध और प्रगतिशील नये भारत का निर्माण किया जा सके उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नारे के साथ एन डी ए सरकार एक सौ तीस करोड़ लोगों को सशक्त बनाने और देश का विकास करने में नये जोश से काम करना जारी रखेगी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार ने आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दूसरे कार्यकाल के छह महीने पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हर दिशा में आगे बढ़ रहा है और पूंजी निवेश का केन्द्र बन रहा है उन्होंने कहा कि अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटाने और तीन तलाक जैसी कृप्रथा को खत्म करने सहित सरकार के विभिन्न फैसलों का देशभर में व्यापक असर देखने को मिला है श्री जावड़ेकर ने कहा कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने में देश ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है जम्म कश्मीर के लिए भी विकास के नए अवसर खूले हैं

उसके साथ साथ इफ्रास्ट्रक्वर डेवलपमेंट के काम और सरकारी निवेश बढ़ गया है और अयोध्या का फैसला इसी बीच आया और हमने देखा की पूरे देश ने बहत शांति से संयम से इसको स्वीकार किया स्लोडाउन जो द्रनिया भर में है उसका थोड परिणाम हमारे देश पर भी होता है

इसका आयोजन छह दिसम्बर तक किया जाएगा

मेरठ में पेंशन सप्ताह का श्रभारम्म कल मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम ने किया इस अवसर पर श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन योजना के कार्ड वितरित किये गये वहीं प्रतापगढ में कैम्प लगाकर श्रमिकों का योजना के अन्तर्गत पंजीकरण किया गया केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल भूगतान के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने की तारीख पन्द्रह दिसम्बर तक बढ़ा दी है इससे पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक दिसम्बर से फास्टैग द्वारा ही राजमार्गों पर टोल भूगतान करने की घोषणा की थी मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ज्यादातर नागरिक अब भी कई कारणों से अपने वाहनों को फास्टैग से नहीं जोड पाये हैं इसलिए कृष्ठ और समय दिया गया है अब यह निर्णय लिया गया है कि इस साल पन्द्रह दिसम्बर से फास्टैग न होने की रिथति में दोगुना शुल्क लिया जाएगा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पन्द्रह दिसम्बर तक फास्टैग निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा आज विश्व एड्स दिवस है इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज प्रदेश भर में सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और विवरण हमारे संवाददाता से उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसायटी द्वारा आज राजधानी लखनऊ में रूमी गेट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां कई एनजीओ से सहभागिता करेंगे कानपूर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज द्वारा इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है वहीं शहर में सुभाष विल्ड़न सोसायटी द्वारा एड़स के विरुढ़ हस्ताक्षर अभियान आयोजित किया जाएगा पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा कल विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें श्ज्ञान बचाये एड्स से जानश के बारे में जानकारी दी गई प्रयागराज और गोंडा सहित विभिन्न जनपदों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमो में बड़ी संख्या में कॉलेजों और विश्वविद्यालय के छात्र सहभागिता करेंगे आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से मैं एम एस यादव लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन ट्र्नामेंट में सौरम वर्मा सिंगल्स फाइनल में पंहच गए हैं सेमीफाइनल में सौरम ने कोरिया के हियो क्वांग ही को संघर्षपूर्ण मुकाबले में पराजित किया फाइनल में सौरम का मुकाबला चीनी ताइपे के वैंग ज्यू वेई से होगा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में राष्ट्रीय चौंपियन रितुपर्णा दास को हार का सामना करना पड़ा आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने कल अपनी समाचार वेबसाइट का उर्द संस्करण शुरू किया उर्द में समाचारों के लिए आप डब्लू डब्लू डॉट न्यूज ऑन ए आई आर डॉट कॉम स्लैश उर्दू पर लॉग ऑन कर सकते हैं अब तक वेबसाइट हिंदी अंग्रेजी मराठी और गुजराती भाषा में उपलब्य थी इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक इरा जोशी ने कहाँ कि जल्द ही तमिल असमी और डोगरी भाषाओं में भी वेबसाइट शुरू की जाएंगी विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा समाचार प्रसारक आकाशवाणी बान्नवे भाषाओं में समाचार सेवा उपलब्ध करा रहा है एन्ड्रॉयड और आई ओ एस प्लेटफार्म पर उपलब्ध न्यूज ऑन ए आई आर ऐप का इस्तेमाल कर के देश विदेश की भी ताजा खबरें सुनी जा सकती हैं गौतमबुद्धनगर में जेवर के पास बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास का कार्य स्विटजरलैण्ड की कम्पनी ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशल एजी को मिला है गुक्रवार को खोले गये एक फाइनेंशियल बिड् में ज्यूरिख एयरपोर्ट ने सबसे ऊँची बोली लगाकर इस काम को पाने में सफलता हासिल की है